कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान उपायों का संकल्प लें

बजट सत्र भराड़ीसैंण में चल रहे राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दुसरे दिन आज सदन में सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने चमोली जिले में आयी आपदा पर अलार्मिंग सिस्टम को लेकर सवाल किया जिसका जवाब मंत्री हरक सिंह रावत ने दिया विधायक काजी निज़ामुद्दीन के प्रश्न पर मंत्री हरक सिंह रावत ने अवशिष्ट प्रबन्धन विषय पर सरकार की ओर से पक्ष रखा

विधायक सहदेव सिंह पृंडीर के प्रश्न पर सरकार की ओर से सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने नदी और खालों में भू कटाव की सुरक्षा पर सिंचाई योजना के बारे में बताया इसके बाद शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष समेत विधायक गोविंद सिंह कृंजवाल करन माहरा ने महंगाई का विषय उठाया संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने महंगाई को कम करने के सरकार के प्रयासों की जानकारी दी

बाद में विपक्ष ने सदन में प्रदर्शनकारियों पर कल हुए प्रलिस लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया इस मामले को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया वहीं इससे पहले आज सदन में जोशीमठ क्षेत्र में आयी आपदा में मारे गए लोगों को को श्रद्धांजलि दी गई मजिस्टियल जांच म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि गैरसैंण के पास दिवालीखाल में सड़क चौड़ीकरण को लेकर किये जा रहे प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों और प्लिस के बीच हई घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में जो भी दोषी है उसका संज्ञान लिया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी ब्लाक मुख्यालयों पर जिन पर ट्रैफिक कम है उनको डेढ़ लेन से जोड़ने और अधिक ट्रैफिक वाले जिलों को डबल लेन से जोड़ने की घोषणा पिछले महीने की गई थी इस बीच चमोली की जिलाधिकारी ने ग्रामीणों और प्लिस के बीच हई घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट को जांच अधिकारी नामित किया है और दो सप्ताह के अंदर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं

इसके लिए वन मन्त्री डॉ हरक सिंह रावत ने कोटद्वार में कॉर्बेट थ्री डी थियेटर का उद्घाटन किया इस अवसर पर वन मंत्री ने कहा कि भविष्य में थियेटर से कॉर्बेट क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकेगा उन्होंने कहा कि इसी प्रकार का एक और थिएटर पाखरो में बनाया जाएगा

पार्क अधिकारियों का कहना है कि थियेटर के माध्यम से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को वन्यजीवों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी मिल सकेगी

मुख्य विकास अधिकारी हिमांशी खुराना ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जनपद ने शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है

बागेश्वर जिले में आज से ब्ज्र्गों को टीका लगाने का कार्य जिला चिकित्सालय में किया गया जिला पंचायत कार्यालय में पंजीकरण केन्द्र बनाया गया है और टीकाकरण के लिए जिला चिकित्सालय को सेशन साईट बनाया गया है जिलाधिकारी विनीत क्मार ने जिला चिकित्सालय में जाकर टीकाकरण के लिए की गयी व्यवस्थाओं का जायजा लिया

उनका कहना था कि टीका सुरक्षित है

साथ ही पालिकाकर्मियों को जागरूक करने को कहा

वैक्सीनेशन अल्मोडा कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के पहले दिन अल्मोड़ा जिले के बेस अस्पताल महिला अस्पताल सीएचसी धौलादेवी और पीएचसी ताड़ीखेत में टीके लगाये गए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ दीपांकर डैनियल ने बताया कि इस बार कोविड पोर्टल में बदलाव होने के कारण टीका लगवाने के लिए केंद्रों में जाकर भी पंजीकरण करवाया जा सकता है महाकंभ हरिदवार में अप्रैल में होने वाले महाकृभ को लेकर अखाड़े आश्रमों में तैयारियां चल रही हैं और साध् संतों में उत्साह देखने को मिल रहा है महाकृंभ के शाही स्नान से पहले सभी अखाड़ों के रमता पंच मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और पेशवाई के माध्यम से अखाड़ों तक पहंचते हैं इसी क्रम में निरंजनी अखाड़ा के रमता पंच भी हरिदवार में प्रवेश कर अपनी छावनी लगा चुके हैं यहां पर धर्म ध्वजा स्थापित की गई है और इसके नीचे साध् संत महाकृभ के दौरान साधना और धर्म कर्म के कार्य करेंगे निरंजनी अखाड़े के महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने बताया कि कल परंपरागत रूप से पेशवाई निरंजनी अखाड़े में प्रवेश करेगी इस दौरान अखाड़े से जूड़े सभी संत महंत आचार्य और महामंडलश्वर घोड़े रथ हाथियों पर बैठकर गाजे बाजे के साथ जुलूस में शामिल होंगे उन्होंने बताया की पेशवाई निकालने की परंपरा बहुत पुरानी है पेशवाई का स्वागत करने मुख्यमंत्री भी कल हरिद्वार पहुंच रहे हैं

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक डॉ सरोज नैथानी ने बताया कि यह अभियान एक और दो मार्च को स्कूलों में आयोजित किया गया जबकि कल से आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा घर घर जाकर बच्चों को दवाई खिलाई जाएगी

कोरोना संक्रमण के कारण इस बार आंगनबाड़ी केंद्रों पर कृमि म्क्ति की दवाई देने की व्यवस्था नहीं की गई है

साथ ही नागालैंड असम मेघालय और अंडमान निकोबार के प्रमुख ट्रैवल एजेंट और ट्र ऑपरेटर्स के साथ नेटवर्किंग की गई पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि राज्य सरकार कोरोना से प्रभावित हए राज्य के पर्यटन उदयोग को दोबारा रफ्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है इसी क्रम में पर्यटन विभाग द्वारा देशभर में आयोजित होने वाले प्रमुख ट्रैवलमार्ट और प्रदर्शनों में प्रतिभाग किया जा रहा है उन्होंने बताया कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र के स्टेकहोल्डर्स के साथ इन आयोजनों में भाग लिया जाता है जिसमें दूसरे राज्यों की ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर के बीच अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार किया जाता है